मंडला जिले के रामनगर में आयोजित किये जा रहे दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए श्री नायडू ने कहा कि आदिवासी महोत्सव के जरिए मूल संस्कारों का उत्सव मनाने का मौका भिला है आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव में श्री नायडू ने हितग्राहियों को हितलाम पत्र भी वितरित किये कार्यकम में केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते केन्द्रीय आदिवासी विकास मंत्री रेणुका सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे इससे पहले श्री नायडू ने रामनगर स्थित गौंड राजाओं के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की महोत्सव के दूसरे दिन संगोष्ठी महिलाओं की चित्रकला मेंहदी रंगोली तथा खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा भाजपा एमपी अध्यक्ष खज़ुराहो से सांसद विष्णु प्रसाद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है वे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का स्थान लेंगे श्री शर्मा का नियुक्ति पत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज जारी किया

वे परिषद में विभिन्न पदों पर रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनके प्रगाढ़ संबंध रहे हैं

छतरपुर से हमार संवाददाता ने बताया है कि अपनी नियुक्ति के बाद श्री शर्मा खजुराहो के प्रसिद्ध मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की

कुछ समाचार संक्षेप में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुरैना में राज्य सरकार पर किसानों और युवाओं से छल करने का आरोप लगाया है

कटनी में आयोजित किये जा रहे दो दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आज अंतिम दिन है